हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश विधानसभा का च्नाव समय पर ही होगा

केन्द्रीय मंत्री राव इन्द्रजीत सिह ने कहा कि एनडीए सरकार का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ पक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहंचाना है केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने आज गृहमंत्री का कार्यभार संभाल लिया है दो राज्यों मंत्रियों जी किशन रेडडी और नित्यानंद राय ने भी अपना अपना कार्यभार संभाल लिया है श्री राजनाथ ने आज रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला इस अवसर पर तीनों सेनाओं के प्रम्ख जनरल विपिन रावत एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ नेवी चीफ एडमीरल कर्मबीर सिंह इस अवसर पर उपस्थित थे इससे पहले श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक का दौरा किया और य्दव में मारे शहीदों को श्रद्वाजंलि दी एक टिवीट में श्री सिंह ने कहा कि वोह राष्ट्र की स्रक्षा को और मजबूत करने का दिशा में कार्य करेंगे केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पर्यावरण जगलात और मौसम परिवर्तन मंत्रालय का कार्यभार संभाला दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हये उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पर्यावरण् पर पेरिस वार्ता में पूरे जोश से इस मुद्दे की वकालत की थी

पंचक्ला में अवैध खनन के बारे पुछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है अगर अवैध खनन हआ तो कारवाई की जायेगी हमारी पंचकूला संवाददाता ने बताया है कि डम्पिंग ग्राउण्ड को लेकर पंचकूला निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसको स्थानांतरित करने की मांग कर रहे है मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इसका हल निकाला जायेगा

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिये केन्द्र ने पांच शहरों दिल्ली शिमला मैसूर अहमदाबाद और रांची का चयन किया गया है श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दोबारा प्रधानमंत्री च्ने जाने के बाद ये सरकार का पहला मैगा सार्वजनिक कार्यक्रम होगा

अगर चयन होता है तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ये कार्यक्रम दूसरी बार होगा इससे पहले दिल्ली में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय संस्थान द्वारा दो दिवसीय योगा महोत्सव का भी आयोजन किया जायेगा जिसमें योगा अध्यापकों और अन्य लगभग दस हजार लोगों द्वारा इसमे भाग लेने की संभावना है

केन्द्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह ने कहा कि देश में मजबूत सरकार बनाने पर जनता ने तो जोश दिखाया है वह राजनीतिक तौर एक रिकार्ड कायम हआ है

उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में अगले पांच वर्षो मे विश्व में देश की एक अलग पहचान होगी तथा देश के विकास को गति मिलेगी राव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े हये व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहंचे इसके लिये और अधिक प्रयास किये जायेंगे श्रीमती सोनिया गांधी कोकांग्रेस संसदीय पार्टी का नेता च्न लिया गया है आज नई दिल्ली में हई निर्वाचित कांग्रेस लोकसभा सांसदों की मीटिंग में ये फैसला किया गया संसद के आने वाले सत्र के लिये ये सांसद पार्टी की रणनीति पर भी विचार करेंगे कांग्रेस प्रधान राहल गांधी ने मतदाताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया

सुनवाई में आज अखिल नाम के गवाह के बयान दर्ज होने थे लेकिन गवाह अखिल ने मामले में गवाही देने से इन्कार कर दिया

इस याचिका पर अगली स्नवाई में सीबीआई जवाब देगी इसके बाद सीबीआई कोर्ट याचिका पर फैसला स्नायेगी आगरा छावनी और जम्मूतवी के बीच साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पैशल रेल गाड़ी चलाई जा रही है

यम्ना नदी पर सोनीपत की सीमा में बाढ़ कार्यो की समीक्षा करते हये सोनीपत की उपाय्क्त की डा शालीन ने आज दो माईनिंग कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिये साथ ही दोनों कंपनियों द्वारा यम्ना नदी के अंदर बनाये गये बांध व रास्तों को भी त्रंत प्रभाव से हटाने को कहा भिवानी में आयोजित खेल संवाद कार्यक्रम में विभिनन खेलों में भाग लेने और पदक प्राप्त करने वाले हर आय् वर्ग के सैकड़ो खिलाड़ियों ने शिरकत की इस मौके पर म्ख्य समन्वयक स्नील शर्मा ने कहा कि शहरों व जिलों में य्वाओं व खिलाड़ियों को विभिन्न विषयों पर जागरूक करने के लिये समय समय जागरूक्ता अभियान चलाया जा रहा है पंजाब हरियाणा और चंड़ीगढ़ में तापमान बढ़ने से लू चलनी श्रू हो गई है